रविन्द्र चौबे भर्ती लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए उत्तरप्रदेश के दौरे पर गए छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे की तबीयत आज सुबह लखनऊ में अचानक बिगड़ गई इसके बाद उन्हें तत्काल लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया बाद में उन्हें एंबुलेंस के जरिये पीजीआई अस्पताल में शिफ्ट किया गया अस्पताल में श्री चौबे लगातार चिकित्सकों की निगरानी में है श्री चौबे की तबीयत बिगड़ने की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनका हालचाल जाना वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने श्री चौबे के परिवारजनों से फोन पर बात कर श्री चौबे के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली

उन्हें दिल का दौरा उस वक्त पड़ा जब वे कल पूरे दिन रायबरेली में प्रचार के बाद लखनऊ रवाना हुए थे दुर्घटना बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ क्षेत्र के ग्राम अमेरा के पास बीती रात बारातियों से भरे एक वाहन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से इसमें सवार सात लोगों की मौत हो गई जबकि पच्चीस अन्य लोग घायल हो गए मुतकों में चार बच्चे भी शामिल हैं मिली जानकारी के मुताबिक ये सभी लोग चारपहिया वाहन में सवार होकर ग्राम भुलसी के अमेरा की ओर जा रहे थे इसी दौरान धारानगर के पास मोड़ पर वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया हादसा इतना जबरदस्त था कि छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि गंभीर रूप से घायल एक अन्य व्यक्ति ने अस्पताल पहुंचने के पहले ही दम तोड़ दिया इस हादसे में पच्चीस लोग घायल हुए हैं इनमें से सात की हालत गंभीर बताई गई है जिन्हें अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है वहीं बाकी घायलों का इलाज शंकरगढ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चल रहा है पीएससी परीक्षा तिथि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पीएससी ने राज्य सेवा परीक्षा दो हजार अट्ठारह की मुख्य परीक्षा की तिथि एक महीने आगे बढ़ा दी है परीक्षा अब तेईस चौबीस पच्चीस और छब्बीस जुलाई को होगी इसके पहले परीक्षा के लिए इक्कीस बाईस तेईस और चौबीस जून की तिथि निर्धारित की गई थी पाठ्यक्रम में बदलाव के कारण परीक्षार्थियों की ओर से पीएससी को अभ्यावेदन दिया गया था परीक्षार्थियों की मांग को देखते हुए पीएससी ने मुख्य परीक्षा की तिथि एक महीने आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है मुख्य परीक्षा प्रदेश के पांच संभाग मुख्यालयों रायपुर बिलासपुर दुर्ग जगदलपुर और अंबिकापुर में होगी परीक्षा के लिए सात मई दोपहर बारह बजे से सात जून रात ग्यारह बजकर उनसठ मिनट तक पीएससी की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की समय सारिणी भी जारी कर दी गई है जिसे पीएससी की वेबसाइट पर देखा जा सकता है उल्लेखनीय है कि पीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे बीते सत्रह अप्रैल को जारी किए थे इसके आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए कुल चार हजार एक सौ अट्ठाईस अभ्यर्थियों का चयन किया गया है ईओडब्ल्यू छापा आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू की टीम ने आबकारी विभाग के पूर्व अधिकारी समुन्द्र सिंह के छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश स्थित अलग अलग ठिकानों पर छापा मारकर करीब पंद्रह करोड़ रूपये से अधिक की चल अचल संपत्ति का खुलासा किया है ईओडब्ल्यू के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक उनके रायपुर में एक और बिलासपुर में दो मकान होने का पता चला है वहीं मुंगेली और अनूपपुर में करोड़ों रूपये के फॉर्म हाउस होने की भी जानकारी ईओडब्ल्यू को मिली है उल्लेखनीय है कि ईओडब्ल्यू की टीम समुन्द्र सिंह के रायपुर और बिलासपुर तथा मध्यप्रदेश के अनूपपुर स्थित ठिकानों पर छापे के बाद मिले दस्तावेजों की जांच कर रही है समुन्द्र सिंह आबकारी विभाग में संविदा आधार पर ओएसडी के रूप में लम्बे समय तक पदस्थ रह हैं राज्य में नई सरकार के गठन के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था माओवादी मुठभेड़ छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में दो महिला माओवादी मारी गई हैं इनमें से एक माओवादी डीवीसी रैंक की कमांडर बताई जाती है मिली जानकारी के मुताबिक भामरागढ़ तहसील के कोठी इलाके के गुण्डरवाही की पहाड़ी में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच यह मुठभेड़ हुई इस दौरान सुरक्षा बलों के दबाव के चलते माओवादी घने जंगल का फायदा उठाकर भाग गए बाद में घटनास्थल की तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने दो महिला माओवादियों के शव बरामद किए हैं जिले की चिटठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजकर पांच मिनट पर जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित किया जाएगा

इस बार के अंक में धमतरी जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी

तेंद्रपत्ता संग्रहण कार्य के पहले दिन बस्तर जिले में आठ सौ चालीस मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण किया गया लघु वनोपज संघ द्वारा इस वर्ष बस्तर जिले में लगभग पच्चीस हजार मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है इसमें लगभग सोलह हजार मानक बोरा का संग्रहण विभागीय और नौ हजार मानक बोरा का संग्रहण ठेकेदार द्वारा किया जाएगा प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तेंद्रपत्ता संग्रहण की तैयारियों के संबंध में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए इस सीजन में पूरे प्रदेश में सोलह लाख बहत्तर हजार मानक तेंदूपत्ता संग्रहण का अनुमान है भीषण गर्मी स्कूल अवकाश भीषण गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए प्रदेश के कई जिलों के शासकीय अशासकीय और अनुदान प्राप्त स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जिले के सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए उनतीस और तीस अप्रैल को अवकाश घोषित किया गया है इस दौरान स्कूलों में मूल्यांकन और परीक्षा परिणाम तैयार करने संबंधी कार्य यथावत् जारी रहेगा वहीं जांजगीर चांपा जिले में भी कलेक्टर ने गर्मी को देखते हुए स्कूलों में अवकाश घोषित किया है इसी तरह रायपुर और सूरजपुर जिले में भीषण गर्मी के कारण विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सभी स्कूलों के समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है रायपुर जिले में अब स्कूलों का संचालन सुबह साढ़े सात बजे से साढ़े दस बजे तक किया जाएगा वहीं सूरजपुर जिले के स्कूलों में सुबह सात बजे से दस बजे तक कक्षाएं लगेंगी

इसके चलते कई इलाकों में सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है दोपहर बाद तेज धूप और गर्म हवाएं के कारण सड़कों पर सन्नाटा देखा जा सकता है गर्मी से बचने के लिए लोग घरों में एसी कूलर और पंखे का इस्तेमाल कर रहे हैं वहीं धूप और गर्म हवाओं से बचाव के लिए लोग स्कार्फ और चश्मे लगाकर घर से बाहर निकल रहे हैं इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले दो दिनों में लू जैसे हालत बनने की चेतावनी दी है इस दौरान रायपुर दुर्ग और बिलासपुर संभाग के कुछ स्थानों पर लू चल सकती है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के विशेषज्ञों ने बताया कि अगले अड़तालीस घंटों में झुलसाने वाली गर्मी पड़ेगी और गर्म हवाएं चलने की संभावना है चिकित्सकों ने भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों को ऐहतियात बरतने की सलाह दी है लोगों से कहा गया है कि वे जरूरी होने पर ही दोपहर के समय घरों से बाहर निकलें

कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने आज अधिकारियों की बैठक लेकर खेल शिविर के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की बैठक में बताया गया कि प्रशिक्षण के बाद जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन कर उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा जिला खेल अधिकारी प्रीति बंछोर ने बताया कि जिले के प्रत्येक विकासखंड में खेल शिविर का आयोजन सुबह पांच से आठ बजे तक किया जाएगा इस दौरान बच्चों को एथलेटिक्स खो कबड्डी व्हालीबॉल नेट बॉल फुटबॉल हैंडबॉल सहित विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा गांजा बरामद राजधानी रायपुर में पुलिस ने गोल बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत नलघर चौक के पास वाहनों की जांच के दौरान एक वाहन से तीस किलो गांजा बरामद किया है इस मामले में दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है जब्त गांजे की कीमत लगभग डेढ़ लाख रूपये बताई जा रही है